प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में जलवाय जैव विविता और महासागर से संबंधित सत्र को सम्बोधित करेंगे और इन मुद्दों पर भारत की विंताएं सामने रखेंगे प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जलवायू से संबंधित मुद्दों पर जी सेवन शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श होने जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलन में डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य सत्र में भी भाग लेंगे इसके बाद वे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिलेंगे तथा ट्विपक्षीय और परस्पर हित के व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे बियारेटज में चल रही बैठक के दौरान जी सेवन देशों के नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जलवाय जैव विविधता और समुद्री पर्यावरण के संतुलित प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया जी सेवन देश असमानता के खिलाफ लड़ाई के साथ ही पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने और उत्पादन के साथ ही खपत के बीच संतुलन बनाने को लेकर विमर्श कर रहे हैं इस मंच पर आर्थिक विकास में तेजी लाने को लेकर भी चर्चा होगी बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा श्रम कानूनों और कारोबार नियमों में जारी मौजूदा असमानता को खत्म करने के तरीकों पर भी विचार होगा

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से सटे मिर्जापुर विहार मध्यप्रदेश झारखण्ड और छत्तीसगढ़ सीमा से सटे सोनभद्र और बिहार से सटे चन्दौली में पीएसी सीआरपीएफ और जनपद पुलिस अपना काम पूरी मृत्तैदी से कर रही है श्री योगी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथ उग्रवाद प्रमावित राज्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नक्सल प्रमावित क्षेत्रों में ऐसे बिन्द्ओं पर कड़ी नजर रखे हये है जहां से नक्सलियों के लिये धन उगाही की सम्मावना बन सकती है श्री योगी ने कहा कि समय समय पर अन्तर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का आयोजन कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशन भी किये जाते हैं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे अंक बह्जन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं के स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना कश्मीर दौरे पर प्रश्न उठाया है एक ट्वीट में मायावती ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाए जाने से जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लगेगा बसपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को घाटी में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए उन्होंने कहा कि अदालत ने भी स्थिति सामान्य होने के लिए इंतजार करने को कहा है मायावती की यह टिप्पणी उस समय आई है जब शनिवार को राहल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को श्रीनगर हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वापस भेज दिया था

सूत्रों के अनुसार यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में की गई घोषणा के आधार पर लिया गया है प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि हो सकता है कर प्रशासन में कुछ भ्रष्ट लोगों ने सत्ता का द्रुपयोग कर ईमानदार करदाताओं को मामूली चूक पर जरूरत से ज्यादा परेशान किया हो श्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने अभी हाल में कर विभाग के अनेक अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है और यह भी कहा था कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इससे पहले इस वर्ष जून में मैलिक नियम छप्पन जे के तहत भारतीय राजस्व सेवा के सत्ताईस उच्च अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया था जिनमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारह अधिकारी भी थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी की दिल्ली इकाई को भंग कर दिया है पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है इससे पहले तेईस अगस्त को श्री यादव ने प्रदेश अव्यक्ष नरेश उत्तम को छोड़कर प्रदेश की राज्य और जिला कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की थी उधर लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी के नेता भूरा राम और फूलन सेना के अध्यक्ष गोपाल निषाद को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी गयी है